इसके तहत सुबह जयपुर से गुरुग्राम के लिए भी यात्रियों को लेकर बस रवाना हुई निगम के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बिठाया जाएगा इस बीच आज सुबह करौली भरतपुर बाड़मेर और जालोर सहित अन्य जिलों से निर्धारित यात्रियों को लेकर बसे रवाना हुई

प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण क्ष्ठ समय के लिए स्थगित की गई विभिन्न विश्वविद्यालयों उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों तकनीकी विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्नीक कॉलेजों की परीक्षाएं अब जुलाई के दूसरे सप्ताह से करवाई जायेंगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं सम्बन्धित विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की तिथियों का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे श्री गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं सबसे पहले कराई जाएं वहीं प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाए बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी कराई जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी बीटेक एमटेक और एमबीए तथा पॉलिटेक्नीक पाठ्यक्रमों के लिए भी अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई माह में शुरू कराई जाएं

इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है

आज विश्व साईकिल दिवस है इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपने संदेश में कहा है कि हमे साईकिल के उपयोग को बढावा देने का संकल्प लेना चाहिए यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है श्री गहलोत ने कहा कि साईकिल परिवहन का पर्यावरण फ्रेंडली साधन हैं इसीलिए हमे साईकिल चलाने की आदत डालनी चाहिए इधर विश्व साईकिल दिवस के मौके पर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने जयपुर में साईकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों में कई स्थानों पर आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है वहीं आज नागौर बीकानेर जोधपुर और श्रीगंगानगर जिले में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की भी चेतावनी दी है